तीन सौ ग्यारह लोगों को दी गयी अस्पताल से छुट्टी प्रदेश में सैंतीस जिले कोविड उन्नीस महामारी की चपेट में

संक्रमित लोगों का आंकड़ा बढ़कर छह सौ उनतीस हुआ

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड उन्नीस के रोगियों को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी देने के नए दिशा निर्देश जारी किए हैं साउंड बाईट नए दिशा निर्देशों के अनुसार मामूली और बहुत कम लक्षण वाले रोगियों को उनके स्वास्थ्य की स्थिति के अनुसार बिना कोविड परीक्षण के छुट्टी दे दी जाएगी कोविड देखभाल केंद्र में भर्ती कराए ऐसे मरीजों के तापमान और रक्त में ऑक्सीजन अवशोषण पर नियमित नजर रखी जाएगी

डिस्चार्ज करने से पहले इनके परीक्षण की जरूरत नहीं होगी ऐसे रोगियों को अगले सात दिन तक घर में अलग रहने की सलाह दी जाएगी

संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार मध्यम लक्षण वाले रोगियों के तापमान और ऑक्सीजन अवशोषण क्षमता पर नजर रखी जाएगी

ऑक्सीजन पर रखे गए जिन रोगियों का बुखार तीन दिन में नहीं उतरता है और कृत्रिम सांस की जरूरत बनी रहती है उन्हें रोग के लक्षण पूरी तरह समाप्त होने और लगातार तीन दिन तक स्वामाविक ऑक्सीजन अवशोषण क्षमता बने रहने पर डिस्चार्ज किया जाएगा गंभीर रोगियों को उनके पूरी तरह स्वस्थ होने और आरटी पीसीआर परीक्षण के बाद ही अस्पताल से छुट्टी दी जाएगी बिहार में कोरोना महामारी से संक्रमित लोगों में से आधे से अधिक स्वस्थ हो चुके हैं अब तक तीन सौ ग्यारह मरीजों को अस्पतालों से छुट्टी दी जा चुकी है पॉजिटिव मरीजों के ठीक होने की संख्या बढ़ रही है स्वस्थ होने वाले मरीजों का प्रतिशत राज्य में चौवन है जबकि राष्ट्रीय प्रतिशत तीस है वहीं राज्य में कोविड उन्नीस से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर छह सौ उनतीस हो गई है जबकि इस संक्रमण से प्रदेश में अब तक पांच लोगों की मौत हो चुकी है अब से थोड़ी देर पहले जारी स्वास्थ्य विभाग के बूलेटिन के अनूसार राज्य में अठारह नये मामले सामने आये हैं सहरसा और मधेपुरा में सात सात जबकि दरभंगा में दो में महामारी की पुष्टि हुयी है वहीं बेगूसराय और अररिया में एक एक नया मामला सामने आया है राज्य के मुजफ्फरपुर में तीन नये मामले मिलने के बाद अड़तीस में से सैंतीस जिलों में कोरोना वायरस प्रवेश हो चुका है जमुई जिला अभी तक इससे अछूता है वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर नरेश गुप्ता ने कहा है कि जो लोग कोविड महामारी से स्वस्थ हो चुके हैं उनके साथ भेदभाव नहीं करना चाहिये डॉक्टर गुप्ता ने कहा कि कोरोना वायरस से स्वस्थ हुये लोगों में इस महामारी के प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है

अब तक दस करोड़ चालीस लाख से अधिक लोगों का सर्वेक्षण किया जा चुका है लगभग चार हजार लोगों को कोरोना संदिग्ध पाया गया है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्ष वर्धन ने अन्य राज्यों और विदेश से लौटने वाले श्रमिकों विद्यार्थियों और प्रवासियों की जांच करने को कहा है स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि दिशा निर्देशों तथा नियमों के अनुसार ऐसे लोगों को क्वारेंटाइन में रखा जाना चाहिए उन्होंने राज्यों से अपील की है कि वे आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने के लिए अधिक से अधिक लोगों को प्रेरित करें राज्य में प्रखंड स्तर पर चौंतीस सौ सात क्वारेंटीन सेंटर काम कर रहे हैं जिसमें बहत्तर हजार सात सौ लोग रखे गये हैं जिनके लिये लगभग डेढ़ करोड़ से अधिक कार्य दिवस रोजगार का सृजन किया जा चुका है सूचना और जन संपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने बताया कि क्वारेंटाइन सेंटरों पर बढ़ रही भीड़ को देखते हुये राज्य सरकार विशेष व्यवस्था करने जा रही है उन्होंने कहा कि राज्य के एक करोड़ चौबीस लाख राशन कार्डधारी परिवारों के खाते में एक हजार रूपये की सहायता राशि भेजी गयी है जबकि लॉकडाउन के समय में रोजगार के लिये डेढ़ करोड़ से अधिक श्रम दिवस सृजित किये गये हैं वहीं खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने कहा है कि जिन राशन कार्डधारकों के पास बैंक खाता संख्या और आधार नम्बर नहीं होगा उन्हें भी एक एक हजार रूपये की सहायता राशि देने की व्यवस्था की जा रही है राज्य के नवादा जिले में क्वारेंटाइन सेंटर पर एक संक्रमित मिलने के बाद वहां भगदड़ मच गयी केन्द्र पर रखे गये सौ प्रवासी मजदूर भाग गये जिन्हें बाद में अधिकारियों ने वापस लाया वहीं मध्रबनी के क्वारेंटाइन केन्द्र पर एक व्यक्ति की मौत हो गयी इधर रोहतास जिले में खराब खाने को लेकर तुंबा के क्वारेंटाइन केन्द्र पर प्रवासी श्रमिकों ने हंगामा किया मध्रबनी जिले के झंझारपुर के ललित नारायण जनता कॉलेज में बनाये गये केन्द्र पर प्रवासी कामगारों ने लापरवाही का आरोप लगा कर हंगामा किया राज्य के पंद्रह रेलवे स्टेशनों को कोरोना संकट से निपटने के लिये तैयार किया गया है इन स्टेशनों पर कोविड केयर सेंटर स्पेशल ट्रेन खड़ी होगी जिसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी इन ट्रेनों में कोरोना पॉजिटिव के अलावा संदिग्ध मरीजों को रखा जायेगा एक डिब्बे में एक ही कोरोना पॉजिटिव मरीज रखा जायेगा अगर आवश्यकता पड़ी तो अधिक से अधिक दो मरीजों को रखा जायेगा इस स्पेशल ट्रेन को एक कोविड अस्पताल के साथ जोड़ा जायेगा जिससे आपातकाल में मरीज को तुरंत उस अस्पताल में भेजा जा सके मरीजों के लिये खाने का इंतजाम आईआरसीटीसी करेगी जबकि सुरक्षा का जिम्मा रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ पर होगा देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे प्रदेश के प्रवासी कामगारों को लेकर आज चौदह ट्रेनें राज्य के विभिन्न स्टेशनों पर पहुंच रही हैं इन ट्रेनों से सत्रह हजार से अधिक प्रवासी कामगार आ रहे हैं राज्य में आने वाली पहली ट्रेन आज सुबह गुजरात के गांधीधाम से चलकर दानापुर स्टेशन पर पहुंची है जहां से जिला प्रशासन ने श्रमिकों को उनके गृह जिलों में भेजने की व्यवस्था की है वहीं विशाखापट्नम से मोतिहारी रेवाड़ी से मुजफ्फरपुर और खगड़िया भिवानी से पूर्णिया थाने से बरौनी जंक्शन पर ट्रेनें पहुंचेगी राज्य में अब तक इक्यासी ट्रेनों से संतानवे हजार श्रमिक और छात्र आ चुके हैं वहीं राजस्थान के कोटा से बिहार के छात्रों को लेकर आज तीन ट्रेनें खुल रही हैं इनमें से एक समस्तीपुर एक सिवान और एक पटना के दानापुर तक आयेगी केन्द्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत देशभर में करीब अस्सी करोड लोगों को निशुल्क अनाज और दालें उपलब्ध कराने का व्यापक कार्यक्रम चलाया जा रहा है श्री पासवान ने कहा कि भारतीय खाद्य निगम पूर्णबंदी के दौरान मालगाडियों के जरिए देश के विभिन्न स्थानों पर अनाज की आपूर्ति सुनिश्चित कर रहा है

केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री सदानंद गौड़ा ने कहा है कि खरीफ मौसम की बुवाई के समय किसानों को खाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होगा श्री गौड़ा ने कहा कि खाद की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उनका मंत्रालय कृषि मंत्रालय के अलावा केन्द्र तथा राज्य सरकारों के अन्य संबंधित विभागों के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए है लॉकडाउन में गरीब और श्रमिक वर्ग के लोगों को कोई परेशानी न हो इसके लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत सहायता प्रदान की जा रही है सहरसा और गया जिले के लाभार्थियों ने बताया कि उन्हें गरीब कल्याण योजना पैकेज के तहत मदद मिलने से बहुत राहत मिली है

वो आगे आए अपना टेस्ट कराएं अपने आपको अगर जरूरत है एडमिट करने या आइसोलेट करें उससे उनकी जान भी बच सकती है और उनके जो घर के नियर और डियर वहां हैं उनकी सुरक्षा भी होगी अगर वो अपने आपको आइसोलेट करेंगे तो और लोगों में इंफेक्शन है जो नहीं फैलेगा केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल उस ऑडियो मैसेज को खारिज कर दिया है जिसमें दावा किया गया था कि केंद्र कोविड उन्नीस मरीजों के लिए राज्यों को तीन लाख रूपये प्रति मरीज उपलब्ध करा रहा है सरकार ने इस खबर को निराधार बताया है स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि सरकार का ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि देश में विमान सेवाएं फिर से शुरू करने की तैयारी की जा रही है श्री पुरी ने एक निजी चैनल से भेंट में कहा कि नागर विमानन मंत्रालय विमान यात्रा के तरीकों में सुरक्षित दूरी के नियमों के अनुसार क्छ बदलाव तय करेगा संचालन प्रक्रिया में भी क्छ बदलाव किए जाएंगे केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि हवाई अड्डे खुलने पर बड़ी संख्या में एक साथ यात्रियों को आने की इजाजत नहीं दी जाएगी उन्होंने कहा कि एयर लाइनों से बातचीत के बाद इन चीजों पर अंतिम फैसला किया जाएगा राज्य में पच्चीस सौ कारखानों को शुरू करने की अनुमति सरकार ने दे दी है जिसमें से चार सौ अस्सी पटना जिला में स्थित हैं इन कारखानों में तैंतीस प्रतिशत मजदूरों के साथ काम करने का आदेश दिया गया है पटना के बिहटा स्थित एक साईकिल कंपनी और एक टेलरिंग यूनिट में काम शूरू हो गया है कारखानों के मालिकों को काम के दौरान शारीरिक दूरी बनाये रखने का कड़ा निर्देश दिया गया है राज्य में स्किल सर्वे के आधार पर रोजगार सृजित किया जायेगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह निर्देश अधिकारियों को दिया है मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद श्रम विभाग ने राज्य के बाहर से आये भवन निर्माण से जुड़े कामगारों के निबंधन की प्रक्रिया शुरू कर दी है निबंधन के दौरान कुशल और अर्द्वकुशल श्रमिकों की पहचान की जायेगी विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि केंद्र सरकार की ओर से शुरू किये गये प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना के अंतर्गत अठाहर से चालीस वर्ष तक के मजदूरों को जोड़कर पेंशन की व्यवस्था करना है प्रदेश में जीविका की महिलाओं ने चौबीस लाख मास्क बनाकर दो करोड़ तीस लाख रूपये की आमदनी की है ग्रामीण विकास और संसदीय कार्य मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि कोरोना वायरस का प्रभाव बढ़ने के बाद जीविका समूहों को सरकार ने सस्ती दर पर मास्क बनाने का जिम्मा दिया था उन्होंने कहा कि जीविका समूहों की ओर से बनाये गये मास्कों की मांग सरकारी और अर्द्ध सरकारी कार्यालयों में ज्यादा है लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए दसवीं और बारहवीं बोर्ड परीक्षा की उत्तर प्रस्तिकाओं का मूल्यांकन अध्यापक घर से ही करेंगे पहले हो चुकी परीक्षाओं की डेढ़ करोड़ से अधिक उत्तर पुस्तिकाएं मूल्यांकन के लिए अध्यापकों के घर भेजी जाएंगी मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने यह घोषणा की उन्होंने कहा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने तीन हजार मूल्यांकन केन्द्र बनाए हैं जहां से उत्तर प्रस्तिकाएं अध्यापकों के घर भेजी जाएंगी श्री निशंक ने कहा कि यह प्रक्रिया आज से शुरू होगी और इसके पचास दिनों में पूरे होने की संभावना है दरभंगा जिले के जाले थाना क्षेत्र अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सक और स्थानीय पुलिस के बीच झड़प के मामले में एसएसपी ने आरोपी सहायक अवर निरीक्षक को निलंबित कर दिया है गौरतलब है कि मारपीट की घटना के बाद कल चिकित्सकों ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में काम ठप्प करा दिया था राज्य में जिन व्रद्वों के अंग्रलियों के निशान मिट चुके हैं उन्हें तीन कार्य दिवस में जन वितरण प्रणाली की दुकानों से अनाज मिलेगा इसकी जिम्मदारी अनुमंडल पदाधिकारी और जिला आप्रर्ति पदाधिकारियों की होगी खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री मदन सहनी ने कहा कि बुज़ुर्ग लाभार्थियों को सुबह सात से दस बजे के बीच अनाज देने की व्यवस्था की गयी है राज्य में एईएस से वैशाली जिले के एक बच्ची की मौत मुजफ्फरपुर के श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज में हो गयी इस प्रकार अब तक चार बच्चों की मौत एईएस से हो चुकी है मेडिकल कॉलेज में अब तक इक्कीस बच्चों को भरती कराया जा चुका है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है हिन्दुस्तान ने कोरोना वायरस संक्रमण पर बड़ी खबर दी है पुलिसलाइन और बीएमपी परिसर में होगा सघन सर्वे दैनिक जागरण की सुर्खी है प्रदेश में चलने लगा उद्योगों का पहिया दैनिक भास्कर ने दो प्रकार से हीं वाहन पास मिलने को शीर्षक बनाया है अखबार के अनुसार मौत या इलाज वाहन पास के अब दो ही विकल्प इसी अखबार ने नये राशन कार्ड बनाने में कोताही बरतने वालों के खिलाफ मुख्यमंत्री की चेतावनी को पहले पन्ने पर स्थान दिया है अखबार की सुर्खी है नये राशन कार्ड में जो बाधा बनेंगे उन पर कार्रवाई होगी प्रभात खबर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हवाले से लिखा है स्किल सर्वे के आधार पर प्रवासियों को मिले स्थायी रोजगार इसके साथ ही सभी अखबारों ने आज मदर्स डे पर अलग अलग रिपोर्ट प्रकाशित की है

तीन सौ ग्यारह लोगों को दी गयी अस्पताल से छुट्टी प्रदेश में सैंतीस जिले कोविड उन्नीस महामारी की चपेट में

संक्रमित लोगों का आंकड़ा बढ़कर छह सौ उनतीस हुआ